गंगा समेत राज्य की अधिकतर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा समेत अन्य नदियों के जलस्तर में हयी वृद्धि पर चिंता जतायी है इस समस्या की गंभीरता को दखते हुये उन्होंने केंद्र सरकार से फरक्का बराज से गंगा नदी के प्रवाह को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है ताकि बिहार की नदियों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं हो मुख्यमंत्री ने नदियों के बढ़ते जलस्तर को लेकर अधिकारियों के साथ बठैक भी की उन्होंने कहा कि फरक्का बराज से गंगा के पानी का समुचित बहाव नहीं हुआ तो गंगा के तटवर्ती बारह जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो सकती है इस बीच जल संसाधन विभाग से अभियंताओं की उच्चस्तरीय टीम अगले आदेश तक फरक्का बराज के लिये प्रतिनियुक्त कर दी गयी है प्रदेश की नदियों के जलस्तर में हो रही वृद्धि के कारण कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है गंगा समेत सोन घाघरा गंडक बूढ़ी गंडक बागमती कोसी और परमान नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं गंगा नदी पटना से लेकर साहेबगंज तक उफान पर है पटना और दानापुर के सभी घाटों पर गंगा का पानी खतरे के निशान को पार कर गया है भागलपुर शहर में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है गंगा और कोसी नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने से भागलपुर जिले के कई प्रखंड में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया जिले के सबौर कहलगांव रंगरा नारायणपुर इस्माईलपुर नाथनगर और खरीक प्रखंडों के दो दर्जन से अधिक गावों की आबादी प्रभावित हुई है मुंगेर जिले के बरियारपूर जमालपूर धरहरा और मंगेर सदर प्रखंड के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है सोन नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण भोजपुर जिले के बड़हरा और शाहपुर प्रखंड के कई गांव जलमग्न हो गये हैं बक्सर जिले के चौसा बक्सर सिमरी चक्की और ब्रह्मपुर प्रखंड की पांच लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है दूसरी तरफ गंडक नदी गोपालगंज के ड्मरिया घाट में लगातार खतरे के निशान के ऊपर बनी हुयी है बागमती नदी का जलस्तर रून्नीसैदपुर और ढेंग ब्रिज में लाल निशान से ऊपर बना हुआ है सीतामढ़ी जिले के रून्नी सैदपुर के कटौंझा में बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है इस बीच जल संसाधन विभाग ने नदियों के तटबंधों की सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी है आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ में फसे लोगों के राहत और बचाव का अभियान तेज कर दिया है बाढ़ प्रभावित जिलों के प्रशासनिक अधिकारी भी प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटे हुये हैं सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि धोखाधड़ी रोकने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा पटना में प्रदेश को पहले और देश के दसवें आधार सेवा केंद्र का उदघाटन करते हये उन्होंने कहा कि आधार को अनिवार्य कर दिए जाने से फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाए जा सकेंगे श्री प्रसाद ने कहा कि आधार के माध्यम से डिजिटल पहचान की बदौलत सरकारी खजाने में एक लाख सैंतालिस हजार छह सौ सतहत्तर करोड़ रुपये बचाया गया है रक्षामंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देने वाले संविधान के अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को समाप्त किये जाने से देश के लोगों में जगी उम्मीद को लेकर आज पटना में जनजागरण सभा को संबोधित करेंगे पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री श्री सिंह के अलावा केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत पार्टी के प्रमुख नेता शामिल होंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी के सभी सांसदों से महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के अवसर पर उनके आदर्शो के बारे में अभियान शुरू करने को कहा है नई दिल्ली में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों के सांसदों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दो से इकतीस अक्टूबर तक पूरे देश में गांधी संकल्प यात्रा का आयोजन करेगी इस दौरान पटना के भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद गिरिराज सिंह और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय समेत राज्य सरकार में शामिल भाजपा के मंत्री तथा पार्टी के अनेक पदाधिकारी मौजूद थे राज्य सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर दो अक्टूबर को नगर निकाय पंचायत अनुमंडल और जिलों में एक साथ पंद्रह हजार से अधिक विकास योजनाओं की शुरूआत करेगी मुख्य सचिव दीपक कुमार ने जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग में कहा कि इन योजनाओं में तालाबों का जीर्णोंद्वार सरकारी भवनों में वर्षा जल संरक्षण सोलर प्लेट लगाने और बिजली बचाने जैसी योजनाएं शामिल हैं इस दौरान उन्होंने जल जीवन हरियाली अभियान की समीक्षा भी की केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने कहा है कि एक देश एक राशन कार्ड नीति लागू करने की तैयारियां चल रही हैं मणिप्र के विष्णुप्र में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इसमें महत्वपूर्ण प्रगति हुयी है और देश के चौदह राज्यों ने यह कार्य पहले ही पूरा कर लिया है श्री पासवान ने कहा कि सरकार इस नीति को यथासंभव लागू करने की कोशिश कर रही है ताकि देश भर में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के कठिनाइयों को दूर किया जा सके पटना में कल से एक बार फिर विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया जायेगा इसमें ऑटो रिक्शा और सिटी बसों की विशेष रूप से चेकिंग होगी पटना के प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर ने कहा कि चेकिंग अभियान तेईस से तीस सितंबर तक चलाया जायेगा उन्होंने कहा कि पहले चरण में छह से बारह सितंबर तक चले वाहनों के चेकिंग अभियान के अच्छे परिणाम सामने आये थे दूसरे चरण के लिये पटना में पैंसठ जगहों पर चेकिंग प्वाइंट बनाये जायेंगे यातायात पुलिस को नियमों के उल्लंघन करने वालों का चालान करने के लिये अस्सी पीओएस मशीनें उपलब्ध करायी गयी हैं पटना हाई कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों को साठ दिनों के अंदर ईपीएफ का लाभ देने का निर्देश क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को दिया है न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने इससे जुड़ी एक याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रभारी राजेश सिन्हा और प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल ने कहा है कि प्रदेश युवा कांग्रेस आगामी छब्बीस सितंबर को पटना में सामाजिक न्याय सम्मेलन का आयोजन करेगी पूर्णिया जिले के कसबा बनमनखी और केनगर थाना क्षेत्र में हुये वजपात से झूलसकर तीन किशोर समेत चार लोगों की मौत हो गई अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है फरक्का से डिस्चार्ज की पहल करे केंद्र दैनिक जागरण ने चुनाव आयोग के फैसले को शीर्षक बनाते हुये लिखा है हरियाणा और महाराष्ट्र मे इक्कीस अक्टूबर को होंगे विधानसभा चुनाव दैनिक भास्कर ने मोटर वाहन कानून से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है दस राज्यों में साढ़े दस लाख चालान कटे छह लाख पैंतीस हजार नये लाइसेंस बने प्रभात खबर ने अपनी विशेष खबर का शीर्षक लगाया है रामकिशोर के बोर्ड में सेटिंग वालों को मिलते थे अधिक अंक इसके अलावा भाजपा अध्यक्ष अमित शाह द्वारा भाजपा सांसदों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग को भी सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है

गंगा समेत राज्य की अधिकतर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं